रीवा में आयोजित सम्मेलन में म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्ण् दत्त शर्मा और स्थानीय विधायक राजेंद्र श्क्ल किसानों से संवाद कर रहे हैं श्री चौहान आज इंदौर जबलप्र ग्वालियर और सागर में आयोजित किसान सम्मेलनों में भी शामिल होंगे ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए ग्वालियर पहंच चुके हैं वे फ्लबाग मैदान पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे ज्ञावड़ेकर किसान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वास्त करती रहेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि स्धार किये गये हैं वे बिलक्ल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के स्धारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हआ था इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा

जबलप्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना कि गति कम होती नजर आ रही है

उधर पन्ना में जिला चिकित्सालय के पास एक वैक्सीनेशन स्टोर रूम बनाया गया है जिसमें वैक्सीन को रखा जाएगा

मौसम उत्तर भारत में बर्फबारी और प्रदेश में हई बारिश के बाद भोपाल सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट का दौर जारी है सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही जिले में बारिश का दौर जारी है वहीं रीवा में भी रुकरुक कर बारिश हो रही है

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है वहीं चंबल संभागों के जिलों में मध्यम कोहरा रह सकता है इसके अलावा रायसेन भोपाल उज्जैन शाजापुर गुना अशोकनगर ग्वालियर जिलों में भी मध्यम कोहरा रहने के आसार हैं जबकि छतरपुर और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है

इस ब्लेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार